घरेलू गैस और अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति हुई प्रभावित

वैशाली जिले के भगवानपुर में रहने वाली पत्नी को सऊदी अरब से तलाक देने वाले पति को मुजफ्फरपुर घर आने पर गिरफ्तार कर लिया गया है वैशाली जिले के शामिया रोहुआ गांव की रहने वाली नाजिया परवीन ने सत्रह अगस्त को भगवानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि उसके पति ने सऊदी अरब से टेलीफोन पर उसे तीन तलाक दिया है और दूसरी शादी कर ली है दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपित मोहम्मद जावेद को देश लौटने के बाद पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया पटना के बिहटा से कोईलवर बाजार तक पिछले पांच दिनों से भीषण सड़क जाम की स्थिति बनी हुई है जाम के कारण आम जन जीवन प्रभावित हुआ है जाम में ट्रकों के फंस जाने के कारण पटना बिहटा मनेर बिक्रम और पालीगंज सहित कई जगहों पर घरेलू गैस और जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रभावित हुई है इधर जाम से निपटने के लिए बिहटा थाने में भोजपुर और पटना पुलिस की एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि दो चेक प्वाइंट बनाये जायेंगे जहां गाड़ियों को रोका जायेगा पैंतालीस मिनट के अंतराल पर कोईलवर पुल के दोनों ओर से गाड़ियों को छोड़ा जायेगा साथ ही जिला खनन पदाधिकारी के आदेश पर दो दिनों तक बालू का चलान बंद करने का भी फैसला किया गया रेलवे ने शताब्दी तेजस गतिमान डबल डेकर और इंटरसिटी ट्रेनों के एसी चेयर कार श्रेणी और एक्जीक्यूटिव श्रेणी के किराये में पच्चीस प्रतिशत तक छूट देने का फैसला किया है हर माह पचास प्रतिशत से कम बूकिंग होने वाली रेलगड़ियों के चेयर कार श्रेणी के मूल किराये में भी पच्चीस प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि सभी जोनल को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है अभी छह महीने के लिए किराये में छूट दी गयी है राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पांच हजार तीन सौ पैंसठ अलग अलग पदों पर जल्द ही नियुक्ति होगी मुख्यमंत्री नीतीश कृमार की अध्यक्षता में राज्यमंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि दो हजार तीन सौ चालीस आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति होगी राज्य के सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्रों में एक एक आयुष चिकित्सक पदस्थापित होंगे उन्होंने बताया कि इनमें पचास प्रतिशत आयुर्वेदिक तीस प्रतिशत होमियोपैथी और बीस प्रतिशत यूनानी चिकित्सक होंगे वहीं प्रदेश के न्यायालयों में दो हजार एक सौ अठहत्तर कर्मियों की नियुक्ति होगी श्री कुमार ने बताया कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में जलवायु परिवर्तन विंग की स्थापना के लिए उनतीस पदों के सुजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है साथ ही कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों में पर्यावरण विभाग में दो सौ उनतीस सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की जायेगी पंचायती राज विभाग में अंकेक्षण सम्वर्ग में भी पांच सौ नवासी पदों पर भर्ती की जायेगी उपमुख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी ने कहा है कि पटना समेत प्रदेश के बयालीस शहरों में वायु गुणवत्ता जांच के लिए केन्द्र बनाये जायेंगे उन्होंने कहा कि केन्द्र की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है श्री मोदी ने कहा कि इन केन्द्रों के माध्यम से वायु की गुणवत्ता पर नजर रखी जायेगी उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पुल और भवन निर्माण कार्य ढंककर नहीं करने वाले संवेदकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी पटना हाई कोर्ट ने पैक्स चुनाव के लिए नये सिरे से मतदाता सूची बनाने का आदेश दिया है न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने चुनाव के लिए बनी ऑनलाईन मतदाता सूची को रद्द कर दिया है न्यायालय ने नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए निबंधक सहयोग समिति को तीन सप्ताह का समय दिया है राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सोलह अधिकारियों का तबादला किया है इनमें तीन प्रमंडलीय आयुक्त और पांच जिलाधिकारी शामिल हैं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंकज कुमार को तिरहुत प्रमंडल एसी आओ को मगध प्रमंडल और के सेंथिल कुमार को कोसी प्रमंडल का नया आयुक्त बनाया गया है अरविंद कुमार वर्मा को बेगूसराय राहुल कुमार को पूर्णियां अभिलाषा शर्मा को सीतामढ़ी शशांक शुभंकर को समस्तीपुर और उदिता सिंह को वैशाली का जिलाधिकारी बनाया गया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों को फसलों की पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए नब्बे प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभागीय स्तर पर योजना की तैयारी पूरी कर ली गयी है अब सिर्फ वित्तीय मंजूरी मिलनी बाकी है मधुबनी रेलवे स्टेशन इन दिनों अपनी साज सज्जा को लेकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केन्द्र में है

जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि यह टीम बाढ़ प्रभावित अंचलों का दौरा कर क्षति का आकलन करेगी और संबंधित रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपेगी प्रदेश के सभी पंचायत सरकार भवनों में जल्द ही वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी इसके लिए पंचायती राज विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाने से पंचायतों को सीधे मुख्यालयों से दिशा निर्देश दिये जा सकेंगे और एक साथ मुख्यालय स्तर से पंचायतों की योजनाओं की समीक्षा की जा सकेगी मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह यौन शोषण कांड में पुलिस ने एक आरोपित अफसाना खातून के घर इश्तेहार चिपकाया है पुलिस सूत्रों ने बताया कि इसके बावजूद यदि आरोपी आत्मसमर्पण नहीं करती है तो उसके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जायेगी मुजफ्फरपुर जिले के कथैया बाराज और देवरिया थाना की सीमा पर पुलिस ने दस शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है इस दौरान तस्करों और पुलिस के बीच कई राउंड गोली चलने की भी खबर है सुपौल जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में में अपराधियों ने हथियार के बल पर लगभग साढ़े छह लाख रुपये लूट लिए अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है राज्य में पांच हजार तीन सौ पैंसठ पदों पर बहाली का रास्ता साफ दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है चार विभागों में पांच हजार से अधिक पदों पर होगी बहाली दैनिक भास्कर की सुर्खी है पांच जिलों के डीएम तीन प्रमंडलों के कमिश्नर बदले अमित पांडेय पटना के नगर आयुक्त प्रभात खबर लिखता है समान काम के लिए समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका खारिज राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है नहीं रहीं देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य आज की सुर्खी है जेटली के परिवार से मिलकर भावुक हुये मोदी

घरेलू गैस और अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति हुई प्रभावित